सीएम पीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सबसे बड़ा पाप शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने का किया है जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भिण्ड पहंचे मुख्यमंत्री ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हए कहा कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकासशील श्रेणी में लाकर खडा किया है कांग्रेस शासन में सडकें गढढों में तब्दील थी गांवों में बिजली नहीं थी और किसानों के लिए सिंचाई और पीने के लिए पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी उन्होंने कहा कि पिछले साढे चौदह वर्षो में भाजपा सरकार ने प्रदेश में बिजली पानी और सड़क की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री ने कहा कि भिण्ड और मुरैना डकैतों के आतंक से कभी भयभीत रहते थें लेकिन अब यहां से सभी डकैत गिरोंहो का सफाया कर दिया गया है उन्होंने कहा कि चंबल के विकास में भाजपा सरकार कोई कमी नहीं रखेगी चंबल क्षेत्र को पानी देने के लिए दो हजार चार सौ पैतालीस करोड़ रुपये की सिंध बहउददेशीय परियोजना को स्वीकृति दी गई है कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के शिक्षकों की समस्यायें सुलझाने में गंभीर नहीं है भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार गरीबों का शोषण कर रही है इस बात को प्रदेश का गरीब समझ चुका है श्री कमलनाथ भोपाल में महिला कांग्रेस के आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए